मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की नौवीं कड़ी का प्रसारण आगामी नौ अगस्त को होगा

सूची के अनुसार देवेन्द्र बहादुर सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसी प्रकार कुलदीप जुनेजा को छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल गिरीश देवांगन को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम रामगोपाल अग्रवाल को राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम शैलेष नितिन त्रिवेदी को छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य प्रस्तक निगम और सुभाष ध्यपड़ को रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है वहीं करूणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड किरणमयी नायक को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग राजेन्द्र तिवारी को छत्तीसगढ़ राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सुरेन्द्र शर्मा को राज्य कृ धक कल्याण परिषद और बाल क ष्ण पाठक को छत्तीसगढ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है इसके अलावा सफी अहमद को छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड गुरफ्रीत बामरा को राज्य खाद्य आयोग महंत राम सुन्दर दास को राज्य गौ सेवा आयोग बैजनाथ चंद्राकर को राज्य सहकारी बैंक अपेक्स के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है इसी तरह थानेश्वर साहू को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अरूण वोरा को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम धनेश पाटिला को छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त तथा विकास निगम चंदन कश्यप को छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड एम आर निषाद को मछुआ कल्याण बोर्ड और मिथिलेश स्वर्णकार को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है

इसी प्रकार महेश शर्मा और सतीश अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का सदस्य नितिन सिन्हा को छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम का सदस्य पद्मा मनहर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य महेश चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य नितिन पोटाई को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य और कल्पना सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य नियुक्त किया गया है कोरोना मरीज प्रदेश में आज अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न जिलो से कोरोना संक्रमित चौरासी मरीज मिले हैं इसे मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब छयालीस सौ हो गई है दुर्ग जिले में आज सत्रह नये मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें चौदह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान है जो भिलाई स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में थे जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एक पुलिस आरक्षक भी शामिल हैं जो रायपुर में पदस्थ है इस बीच जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में हाट बाजार केवल निश्चित जगहों पर ही लगाए जाएं वहीं बिलासपुर जिले में आज पन्द्रह नये कोरोना मरीजों की पहचान हुई है इनमें सिम्स की चिकित्सा अधिकारी के पति और बच्चे की रिपार्ट भी पॉजिटिव आई है उन्हें जिले के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर महासमुंद जिले में ट्रू नॉट विधि से तीन सौ पंचानवे संदिग्ध मरीजों की जांच की गई जिनमें सभी की रिपार्ट निगेटिव आई है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी वारे ने बताया कि जिले में जल्द ही एक और ट्र नॉट मशीन लगाई जाएगी वहीं जिले के ही बसना में एसडीएम ने व्यवसायियों की बैठक ली बैठक में सभी दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे खोले जाने को लेकर सहमति बनी उधर नारायणपुर जिले में कोरोना नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिसके जरिए हर जरूरतमंदों की मदद की जा रही है अब तक चार सौ तेईस लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया है गृह मंत्रालय एनसीसी केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को वरीयता देने के लिए अपेक्षित उपाय करें सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भलीभांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी राष्ट्रीय केडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इसी व्यवस्था पर एनसीसी सदस्यों को वरीयता प्रदान करें जोगी याचिका खारिज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की जाति को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के पूर्व उनकी जाति को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय और संतकुमार नेताम ने याचिका लगाई थी लंबे समय तक चल रहे इस मामले में दायर याचिका को आखिरकार हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया

मुख्यमंत्री इस बार न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो दो चार तीन शून्य पांच शून्य तीन पर बाईस तेईस और चौबीस जुलाई को दोपहर तीन से चार बजे के बीच अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा

लेकिन इसके लिए पक्का या आरसीसी निर्माण की अनुमति नहीं होगी मनरेगा आयुक्त कार्यालय ने इसके लिए लाइव या ग्रीन फेसिंग तैयार करने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया गया है पत्र में कहा गया है कि मनरेगा के तहत बनने वाली बाउंड्रीवॉल जीवित पेड़ों और झाड़ियों तथा मेड़ आदि से बनाई जाएगी आरटीई स्कूल प्रवेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बीपीएल परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कल पहली लॉट्ररी निकाली गई इसके माध्यम से अट्ठारह हजार चार सौ अट्ठायासी बच्चे विभिन्न स्कूलों में दाखिलें के लिए चयनित हुए पहली लॉट्ररी राज्य के चौदह जिलों के दो हजार एक सौ नब्बे स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देने के लिए निकाली गई संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए उनके पालकों को एसएमएस के जरिए सूचना भेज दी गई है एनटीपीसी एमओय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ़ा इस्ट्रक्चर फंड एनआई आईएफ ने आज एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए यह समझौता देश में पारंपरिक हित के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ अक्षय ऊर्जा बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिहाज से किया गया है समझौता ज्ञापन पर एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह और एनआईआईएफएल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुजाय बोस की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए जगदेव राम उरांव श्रद्धांजलि वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम उरांव के पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शन के लिए जशपुर लाया गया जहां आम लोगों ने श्री उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रामविचार नेताम तथा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सांसद गोमती साय वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकुमार साय सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय उरांव को श्रद्दांजलि अर्पित की बैंक सखी कोरोना संकट के समय बैंक सखियों ने प्रदेश की आर्थिक मजबूती में हाथ बटाकर खुद को साबित किया है मनरेगा श्रमिकों का भुगतान बुजुर्गो और निःशक्तों का पेंशन या ग्रामीण के खाते से पैसे निकालने हो तो उनकी मदद करने में बैंक सखियां हमेशा आगे रहती हैं प्रदेश के अन्य जिलों की तरह दुर्ग जिले में भी बैंक सखियों ने अपनी उपयोगिता साबित की है जिले में इकतालीस महिलाएं बैंक सखी के रूप में काम कर रही है इन्हें पंचायत विभाग की बिहान योजना के तहत बैंकिंग लेनदेन संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया है इनके माध्यम से अब तक जिले में पांच करोड़ रूपए का लेनदेन हो चुका है ग्राम पंचायत केसरा की बारहवीं तक पढ़ी बैंक सखी अंजू ने ग्रामीणों को जिले में सबसे ज्यादा करीब अड़तालीस लाख रूपए का भुगतान किया है इसी तरह पाटन जनपद पंचायत के ग्राम खम्हरिया के गायत्री यदू ने एक महीने में लोगों को करीब तीस लाख रूपए का भुगतान किया है गायत्री का कहना है कि बैंक सखी बनने से गांव और परिवार में सम्मान बढ़ गया है साथ ही लोगों की दुआएं भी मिलती हैं इससे वह काफी खुश है जिला पंचायत के सीईओ सच्चिदानंद आलोक ने बताया कि बैंक सखियों के माध्यम से गांवों में बैंको की सुविधा पहुंचाने की पहल उपयोगी साबित हुई है इसके माध्यम से ग्रामीण हर दिन लगभग पांच लाख रूपए का आहरण कर रहे हैं हर लेनदेन के लिए बैंक सखियों को बैंक द्वारा कमीशन दिया जाता है इससे न सिर्फ गांवों में आर्थिक मजबूती आई है बल्कि बैंक सखी बनकर महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं उधर मुंगेली जनपद पंचायत में बिहान योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने साबुन बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया

मिली जानकारी के मुताबिक हैकर ने एक युवक का डाटा हैक कर छह लाख रूपए की मांग की है युवक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है युवक ने बताया कि हैकर ने उनके ई मेल में एक मैसेज भेजा मैसेज को क्लिक करते ही सारा डाटा हैक हो गया इसके बाद हैकर ने एक अन्य मैसेज भेजकर डाटा के एवज में छह लाख रूपए की मांग की है

इसी कड़ी में आज जनपद पंचायत कार्यालय कोटा में रोजगार कैम्प का आयोजन किया गया

वहीं तीन अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है

इस दौरान बैंक में तैनात सुरक्षा गार्डो से पूछताछ की गई साथ ही बैंक के आसपास संदिग्ध पाए गए व्यक्तियों से पूछताछ कर उनकी तलाशी ली गई

इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई

इस हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है